सत्र का पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरु हुआ राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य के लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य पहल और सरकार द्वारा हासिल किए विभिन्न उपलब्धिया के बारे में प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार मंत्रिमंडलीय बैठक महीने में कम से कम एक बार रखा गया जो कि अपने आप में एक इतिहास है राज्यपाल ने कहा कि तैतीस वर्ष में पहली बार राजस्व में लगातार वृद्धि देखी गई है और इस वित्त वर्ष रिकॉर्ड दो हजार करोड़ रुपए के उच्च स्तर तक राजस्व पहुंचा है उन्होंने कहा कि सरकार लोगों और गरीबों के समर्थक है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है पुलवामा आंतकी हमले में शहिद हुए चालीस सी आर पी एफ जवानों के प्रति भी उन्होंने अपने संवेदना प्रकट की बजट के पहले सत्र में आज प्रदेश लोक आयुक्त संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस प्रदेश उच्च शिक्षा विधेयक दो हजार उन्नीस को मिलाकर कुल चार विधेयक विधान सभा में पेश किए गए छटा प्रदेश विधान सभा का यह अंतिम बजट सत्र होगा गौरतलब है कि इस वर्ष के अप्रैल मई महीने में विधान सभा चुनाव के लिए मतदान होगा इस दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश विधान सभा के अधिकारिक वेबसाईट और इसके मोबाईल एप का एसंब्ली ओडिटोरियम में उद्घाटन किया श्री खांडू ने कहा कि जनवरी दो हजार बाईस तक राज्य के सभी विभागों को ई ऑफिस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है मेघालय के शिलोंग में पहली मार्च से तीसरी मार्च तक प्रर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय नेहू में पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्राईबल एनिमेशन फिल्म समारोह का आयोजन किया जाएगा तीन दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम को नेहू एंथ्रोपोलॉजी विभाग और दिल्ली स्थित ट्राईबल कला संस्कृति और ज्ञान ट्रस्ट आयोजित कर रहे है और पूर्वोत्तर परिषद इसका समर्थन कर रहा है फिल्म स्क्रीनिंग कार्यशाला पैनल डिस्काशन के अलावा इस उत्सव में पूर्वोत्तर भारत के एतिहासिक चित्रों का भी प्रदर्शन किया जाएगा ईटानगर स्थानीय विधायक तेची कासो ने सोमवार को ए बी सेक्टर में एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया इस दौरान श्री कासो ने बताया कि चिंपू में शमशान घाट का निर्माण चल रहा है और निर्माण कार्य समाप्ति की कगार पर है वही चांगलांग नोर्थ के विधायक तेसाम पोंगते ने मंगलवार को नामटोक अंचल के कुथुहुंग और लोंगफाह गांवो में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए श्री पोंगते ने क्षेत्र में और अधिक विकास योजनाओं को लाने का आश्वासन दिया विधायक पोंगते ने याददाम अंचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित नामटोक नाकांग सड़क मार्ग और पी डब्लू डी द्वारा निर्मित निरीक्षण बंगला का भी उद्घाटन किया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज मनाया जा रहा है भाषायी और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष इक्कीस फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है दो हजार उन्नीस को मूल भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रुप में भी मनाया जा रहा है इसे देखते हुए विकास शांति और समन्वय में स्थानीय भाषाओं के योगदान को मातृभाषा दिवस बनाया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि केवल मातृभाषा के माध्यम से ही लोग अपनी भावनाओं को सही अर्थो में व्यक्त कर सकते हैं प्रदेश महिला आयोग ए पी एस सी डब्लू के सदस्यों ने मंगलवार को नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में आकर हाल ही में नाहरलगुन हैलिपेड के समीप बारापानी नदी में एक महिला के मृत शरीर के मिलने के मामले पर मामले की स्थिति के बारे में पुछताछ की दल ने पुलिस से मामले की जांच पड़ताल में तेजी लाने की अपील की दल ने लोगों से भी जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने की अपील की सरकार ने नियामक प्रंजी आवश्यकताओं की प्रर्ति और वित्त विकास योजनाओं को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बारह बैंको को इस वित्त वर्ष में चार खरब बयासी अरब उनचालीस करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है वित्तीय सेवा सचिव राजीव क्रमार ने कहा कि बैंको में फिर से प्रंजी लगाने से उनको बेहतर ढंग से कामकाज करने में मदद मिलेगी ईटानगर विधायक तेची कासो ने हाल ही में दोनी पोलो गैस एजेंसी में गरीबी रेखा से नीचे के बारह महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत निशुल्क एल पी जी कनेक्शन वितरित किए समाज के सभी वर्गों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री कासो ने लोगों से विकास गतिविधियों में अपना सहयोग देने को कहा खेल एवं यूवा मामला विभाग मंत्री डॉ मोहेश चाई ने लोहित जिले के येलियांग गांव में बहुआयामी हॉल का उद्घाटन किया हॉल को लोगों को समर्पित करते हुए डॉ चाई ने परिसम्पति का इष्टतम उपयोग करने और इसका उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने का आग्रह किया हॉल परियोजना का निष्पादन जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया था